राष्ट्रीय राजधानी में राजपथ पर हुआ समारोह का आयोजन गणतंत्र दिवस के अवसर पर लखनऊ सहित प्रदेश भर में आयोजित किये गये विभिन्न कार्यक्रम समाजसेवी नानाजी देशमुख पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी और प्रख्यात गायक भूपेन हजारिका को दिया जायेगा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न

राष्ट्र ने कल सत्तरवां गणतंत्र दिवस मनाया राजधानी दिल्ली में राजपथ पर भव्य सैन्य परेड भारत के इतिहास संस्कृति और सामरिक शक्ति का शानदार प्रदर्शन किया गया विदेशी अतिथियों और देश के शीर्ष राजनीतिक और सैन्य अधिकारियों के साथ साथ हजारों लोगों ने इस समारोह को देखा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा मुख्य अतिथि थे समारोह प्र्वानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर पूरे राष्ट्र की ओर से भारत के अमर शहीदों को पुष्पांजलि देने के साथ शुरू हुआ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इक्कीस तोपों की सलामी के बीच राष्ट्रीय तिरंगा फहराया राष्ट्रपति ने शांतिकाल के दौरान भारत का सर्वोच्च वीरता प्रस्कार अशोक चक्र लांस नायक नजीर अहमद वानी को मरणोपरान्त प्रदान किया समारोह में भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के योगदान को विशेष रूप से दर्शाया गया था महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इक्कीस वर्ष दिताने के बाद भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया था महात्मा गांधी की राजनीतिक यात्रा में रेलों की मुख्य भूमिका रही दक्षिण अफ्रीका में रेल से फॉर्क जाने से लेकर भारत के स्वाधीनता संग्राम के दौरान समूचे भारत का श्रमण गांधीजी ने रेलों के जरिये किया भारतीय रेलवे की झांकी ने गांधीजी की इस यात्रा को स्पोहनदास करमचंद गांधीरू एक वकील से महात्मा और राजनेता तक के तौर पर पेश किया ग्जरात की झांकी में ऐतिहासिक दांडी यात्रा और उत्तर प्रदेश की झांकी में गांधी जी की बनारस और काशी विद्यापीठ की यात्राओं को दर्शाया गया महाराष्ट्र की झांकी में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को जबकि अंडमान और निकोबार की झांकी में सेल्यूलर जेल के कैदियों पर महात्मा गांधी का प्रभाव दिखाया गया पेय जल और स्वच्छता मंत्रालय की झांकी में स्स्वच्छ भारत मिशनर की चार साल की यात्रा प्रस्तुत की गई दिवाकर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा परेड में पहली बार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की आजाद हिन्द फौज के चार सैनिकों परमानन्द लालतीराम हीरा सिंह और भागमल ने भी हिस्सा लिया ये सभी वयोवृद्ध सैनिक नब्बे वर्ष से अधिक की आयु के हैं प्रदेश भर में कल सत्तरवां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया मुख्य समारोह राजधानी लखनऊ में विधानसभा भवन के सामने आयोजित किया गया एक रिपोर्ट राज्यपाल रामनाईक ने विधान भवन के सामने गणतंत्र दिवस पर सुंदर ढंग से आयोजित भव्य परेड़ की सलामी ली

स्कूली बच्चों द्वारा मेक इन इंडिया हिल ने दर्शकों को मंत्र मुख कर दिया मुल्तान सिंह यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया राज्य के सभी जिलों में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकारी कार्यालयों स्कूलों निजी शिक्षण संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ध्वजारोहण किया गया तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम और विचार गोष्ठियां आयोजित की गयी औद्योगिक नगरी कानपुर के पुलिस लाइन्स में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ध्वजारोहण किया पुलिस परेड के दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अविनाश चन्द्र पुलिस महानिरीक्षक आलोक सिंह और वरिष्ठ पूलिस अधीक्षक आनन्द देव ने उप मुख्यमंत्री को सलामी दी बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान और संघर्ष से हम आजाद हुए और देश के राजनेताओं और कानूनविदों द्वारा बनाये गये संविधान पर चलते हए आज हम प्रगति के पथ पर बढ़ रहे हैं बरेली में गणतंत्र दिवस ध्रमधाम से मनाया गया सभी सरकारी और निजी संस्थानों और विद्यालयों में ध्वजारोहण किया गया केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने बरेली के भाजपा कार्यालय में ध्वजारोहण किया इस अवसर पर श्री गंगवार ने कहा कि आज के दिन संविधान के अनुरूप कार्य करते हुए देश को मजबूत करने के संकल्प को दोहराना चाहिए गोरखपुर में प्रदेश सरकार के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह ने परेड की सलामी ली देवरिया रिजर्व पुलिस लाइन्स परेड ग्राउण्ड में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने झण्डारोहण किया और परेड की सलामी ली इस दौरान श्री शाही ने सराहनीय कार्यो के लिए पच्चीस पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया इसके अलावा उन्होंने पुलिस बल को निष्ठा निष्पक्षता और मनोयोग के साथ अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन की शपथ भी दिलाई सोनभद्र सुल्तानप्र कौशाम्बी हाप्ड़ मेरठ मैनप्री और मऊ में गणवतंत्र दिवस समारोह पुलिस लाइन्स में ध्मधाम से मनाया गया समाजसेवी नानाजी देशमुख पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रख्यात गायक भूपेन हज़ारिका को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न दिये जाने की घोषणा की गई है नानाजी देशमुख और भूपेन हज़ारिका को यह सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत दिया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि नानाजी देशमुख के अतुलनीय योगदान के कारण ग्रमीण विकास की दिशा में अभूतपूर्व बदलाव आया है जबकि मशहूर गायक भूपेन हजारिका के गीतों और संगीत से हर पीढ़ी प्रेरित रही है और दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उत्कृष्ट राजनेता हैं और उन्होंने कई दशको तक देश की निस्वार्थ और निरंतर सेवा की है सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के अलावा एक सौ बारह पद्म सम्मान दिये जाने की घोषणा भी की गयी है जिनमें चार पदम विग्रेषण चौदह पदम भूषण और चौरान्नबे पदमश्री सम्मान शामिल हैं लोक गायिका तीजनबाई जिबोती के राष्ट्रपति इस्माइल उमर गुएलेह उद्योगपति अनिल कुमार मणिमाई नाईक और रंगमंच कलाकार बलवंत मोरेश्वर पुरांदरे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जायेगा जिन चैरान्बे लोगों को पदम श्री सम्मान के लिए चुना गया है उनमें लखनऊ की तीन विभूतियों सहित प्रदेश की दस हस्तियां शामिल हैं इसमें संस्कृत विद्वान प्रोफेसर बृजेश शुक्ल और किंग जार्ज मेडिकल कालेज के दन्त शल्य चिकित्सक मोहम्मद शादाब के नाम शामिल हैं जबकि साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए पांचजन्य के पूर्व संपादक देवेन्द्र स्वरूप को मरणोपरान्त इस सम्मान से नवाज़ा जायेगा प्रदेश के जिन अन्य लोगों को पदम श्री दिया जायेगा उनमें कृषि के क्षेत्र में योगदान के लिए बाराबंकी के प्रगतिशील किसान रामसरन वर्मा और बुलन्दशहर के भारत भूषण त्यागी शामिल हैं इसके अलावा वाराणसी के रजनीकान्त मथुरा के आध्यात्मिक गुरू रमेश बाबा महाराज को समाज सेवा प्रशान्ति सिंह को खेल वाराणसी के राजेश्वर आचार्य को हिन्दुस्तानी गायन और हीरालाल यादव को लोकसंगीत के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया जायेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की बावन्नवी कड़ी होगी आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जायेगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और द्रदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी यह उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाइट डब्लू डब्लू डब्लू डॉट आल इण्डिया रेडिया डॉट जी ओ वी डॉट इन पर भी इसे सुना जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है जो हमारी एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को नयी ऊचाइयाँ प्रदान करता है वह कल लखनऊ में गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित एक सम्मान समारोह में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि संविधान की नज़र में सभी देशवासी समान है धर्म नस्ल और जाति के आधार पर इनसे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता श्री योगी ने लोगों विशेषकर युवाओं और कलाकारों से देश में सौहार्द और एकता को बनाये रखने का आहवान किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश राजस्थान असम पंजाब महाराष्ट्र सहित तेरह राज्यों से आये एक सौ पचपन कलाकारों को सम्मानित किया